जम्मू कश्मीर में सभी सरपंच अपनी अपनी पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

लोग मोबाइल ऐप के जरिये सीधे फीडबैक भेज सकेंगे जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सर्वेक्षण के दूसरे चरण का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छ्ता अभियान की गति में तेजी लाना है स्लग जम्मू कश्मीर जम्मू डिवीजन से प्रतिबंध पूरी तरह उठाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफी सुधार आया है हालांकि घाटी में कई जगह प्रतिबंध अभी जारी है राज्यपाल के प्रवक्ता रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में यह जानकारी दी वहीं राज्य में कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने बताया कि जम्मू डिवीजन में स्कूल और अन्य संस्थानों में आम दिनों की तरह काम हो रहा है

इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सभी जिलाधीशों से कहा है कि सरपंचों को अपनी अपनी पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और वहां से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लाल किले के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा लगाई गई है वहां एन एस जी के स्नाइपर स्वैत कमांडो और काईट कैचर्स भी तैनात किये गये हैं दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारी पार्किंग स्थालों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं व्यापक सुरक्षा तैनाती के हिस्से के रूप में स्नीफर कुत्ते भी लगाये गये हैं समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों शीर्ष अधिकारियों विदेशी प्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति के मद्देनजर सी सी टी वी कैमरे लगाये गये हैं दिल्ली पुलिस कर्मियों को लाल किले के आसपास आकाश की विशेष रूप से निगरानी रखने को कहा गया है स्वैत यूनिट और पराक्रम वैन भी तैनात किये गये हैं

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देहरादून का परेड मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया है लोक संस्कृति विभाग उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर लोकनृत्य और गायन को प्रस्तुत करने के लिए परेड मैदान में रिहर्सल किया गया कल के कार्यक्रम को लेकर शहर के यातायात रूट में भी बदलाव किया गया है उधर चंपावत जिले के नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है सीमा पर तैनात एसएसबी सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां नेपाल आने जाने वाले हर रास्तों पर नजर रख रही है सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है जिले के टनकपुर और बनबसा से नेपाल को जोड़ने वाले पुलों और मार्गो के साथ साथ पंचेश्वर तामली के पैदल मार्गो पर भी हर संदिग्ध व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है पुलिस अधिकारी के अनुसार सीमा पर तैनात एसएसबी और सीआईएसएफ को नेपाल से आने जाने वाले लोगो और वाहनों की तलाशी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र और समाज के लिए महिलाओं का पुरुषों के समान सशक्त होना जरूरी है प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि देश की आजादी से लेकर उसके विकास में महिलाओं का बराबर का योगदान रहा है उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है उन्होंने कहा कि राज्य गठन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रदेश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रीढ़ हैं

क्रास कंट्री रेस में विजेता प्रतिभागियों को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पुरस्कृत किया इस मौके पर उन्होंने कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी टिहरी में भी क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया स्लग राष्ट्रपति संबोधन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या् पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे आकाशवाणी से इस संबोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा इसे एफ एम गोल्ड एफ एम रेनबो राजधानी इन्द्र प्रस्थ चैनल और अन्य सभी अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है यह कार्यक्रम आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से चयनित प्रशासकों की समिति सीओए ने मंगलवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआइ से पूर्ण मान्यता दे दी मान्यता मिलने से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को भारतीय टीम और आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा बीसीसीआई के इस निर्णय से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों में खुशी की लहर है खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि ये दिन उत्तराखंड क्रिकेट के लिए बेहद खुशी का दिन है इस फैसले से उत्साहित हल्द्वानी में खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया जल्द ही बीसीसीआई की टेक्निकल टीम हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में क्रिकेट को नया मुकाम मिलेगा

जिसके अंतर्गत श्री पूरन सिंह रावत पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विंग और श्रीमता बिमला गुंज्याल पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना अभिसूचना मुख्यालय को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जाएगा

सरकारी सूचना के अनुसार अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पदक श्री विपिन चन्द्र पन्त पुलिस उपाधीक्षक चंपावत को दिया जाएगा अग्निशमन एवं आपात सेवा के अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक और दीर्घ व सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गई है जिसमें विशिष्ट सेवा पदक के लिए श्री कृपाराम शर्मा लीडिंग फायरमैन पौड़ी और अग्निशमन सेवा पदक के लिए श्री यशपाल सिंह फायर सर्विस चालक पौड़ी श्री राजेन्द्र सिंह राणा लीडिंग फायरमैन अल्मोड़ा का नाम शामिल है

रक्षाबंधन पर आज प्रदेश के सभी छोटे बड़े बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है राजधानी देहराद्रन के बाजारों में भी काफी चहल पहल नजर आ रही है बाजार में एक से बढ़कर एक डिजाइन की राखियां बिक रही हैं इसके अलावा सोने और चांदी से बनी राखियों की भी काफी डिमांड है राखियों की खरीदारी के साथ ही उपहार और मिठाइयां की भी खूब बिक्री हो रही है बाजार में भीड़ के चलते जाम की समस्या भी बनी रही रक्षाबन्धन के दिन प्रदेश की रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं को निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा उपकरण खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल से उपकरण खरीदे जाएं